भारतीय पक्ष का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया जबकि चीन की ओर से वहां के विदेश मंत्री वांग यी ने शिष्ठमंडल की अगुवाई की विदेशमंत्रालय ने कहा है कि बैठक में दोनो देशों के विशेष प्रतिनिधियों ने सीमा मामले को भारत चीन सबंधों के नीतिगत परिपेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने सीमा के मसले में युक्तिसंगत निषप्क्ष और परस्पर स्वीकार्य समाधान के प्रयास तेज करने का भी संकल्प लिया वे इस बात पर भी सहमत थे कि सीमा मसले के शीघ्र समाधान से दोनो ही देशों के बुनियादी हितों को फायदा पहुचेगा भारत और चीन के बीच इस बात को लेकर भी एक जैसी राय थी कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती इलाकों में अमन चैन बना रहना चाहिए और इसके लिएं अंतिम सामाधान निकाला जा सकता है उन्होंने सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच संचार और संपर्क बनाए रखने और सीमा प्रंबंधन के लिए आपसी भरोसा बढ़ाने के मौजूदा प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर भी बल दिया

इस सड़क का पूरा हो जाने से कायिंग प्रशासनिक डिविजन का जिला मुख्यालय और आंतरिक रुप से सियांग जिलें के बाकी हिस्सों के साथ संपर्क जुड़ जाएगा बाद में एक जन बैठक में रुमगोंग विकास अभियान का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दे रही है उन्होंने हालही में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की यूक्तिकरण और राज्य औद्योगिक एवं निवेश नीति दौ हजार उन्नीस पर लिए गए निर्णयों की जानकारी भी दी श्री खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश शिक्षक स्थानांतरण एवं पोस्टिंग नीति दो हजार बीस स्कूलों में शिक्षकों के स्थानातरण एवं पोस्टिंग की युक्तिकरण में विभाग का मार्गदर्शन करेगा ताकि प्रत्येक स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हो

पत्रकारों से बातचीत में श्री सालू ने बताया कि उन्होंने डिब्रगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को हारमुति नाहरलगुन रंगापारा मार्ग से गुजरने और गुवाहाटी शताब्दी एक्सप्रेस का समय पाच बजे से साढ़े पाच बजे या शाम छह बजे तक कामाख्या स्टेशन पर एक संक्षिप्त ठहराव के साथ तय करने का सुझाव दिया

इस परियोजना को जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि एन ए एफ सी सी के तहत लिया गया है एन ए एफ सी सी एक केन्द्रीय सेक्टर योजना है जिसका मुख्य लक्ष्य ठोस अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करता है इस परियोजना के तहत ली गई गतिविधियों को परियोजना मोड में लागू किया जाता है

प्रतियोगिता में राज्य के कई स्कूलो से छात्रों ने भाग लिया सी दोन्यी पर्व के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन सी दोन्यी पर्व दो हजार बीस के आई पी आर और साहित्यिक समिति द्वारा किया गया था

आज का अधिकतम तापमान बाइस दशमलव पाच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार